शिमला व इसके साथ लगते पर्यटन स्थलों पर ये इस साल की दूसरी बर्फबारी है उधर लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू सिरमौर और चम्बा ज़िले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात का समाचार है

ज़िले में बर्फबारी से जहां अंदरूनी सड़कें बंद हैं वहीं पेयजल पाइपें जमने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है उधर किन्नौर जिले में भी अंदरूनी मार्गों पर यातायात बाधित है ऊपरी शिमला और किन्नौर जिले के लिए बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही मशोबरा बसंतपुर मार्ग से हो रही है कुल्लू ज़िले में बंजार आनी सड़क भी जलोड़ी जोत पर बर्फबारी के कारण बाधित है पर्यटन नगरी मनाली में कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है हालांकि मनाली घूमने आए सैलानियों ने बर्फबारी का भरपूर आनन्द लिया

हालांकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर चम्बा और कुल्लू जिले के कुछ स्थानों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है ऐसे में सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है लोहड़ी प्रदेश के अनेक भागों में लोहड़ी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये त्योहार शीत ऋतु की समाप्ती का प्रतीक भी माना जाता है शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में भी इस पर्व के प्रति लोगों में उत्साह है अधिकतर भागों में आज के दिन गुड़ व तिल के लड्डू बनाने की भी परम्परा है इस बीच कल मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर तैयारियां चल रही है इस दिन लोग इन स्थानों पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं शिमला और मंडी ज़िले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तत्तापानी में भी श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं

इस दौरान वे तत्तापानी में घाट विकास कार्य और सतलुज नदी के तटों के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री ज़िलास्तरीय मकर संक्रांति मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने सहित जनसभा को भी संबोधित करेंगे इसके बाद जयराम ठाक्र का तत्तापानी के समीप जस्सल संवीधार उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है

इस अवसर पर प्रदेशभर के गुरूद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए

वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में करीब दो सौ करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं क्षेत्र की कोटला खुर्द पंचायत में आज एक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्वां तटीकरण के तहत आने वाले समय में बसाल धमांदरी संजोट और बरनोह खड्डों का भी तटीकरण किया जाएगा उन्होंने बताया कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है

उन्होंने जन समस्याएं सुनकर इनका निपटारा भी किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि लोगों को गुणात्मक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं

विपिन परमार ने जन समस्याएं सुनकर इनका मौके पर ही निपटारा भी किया

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्र व आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्रों में बदलने का निर्णय लिया है